संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने बताया प्रदेश में लघु सीमांत और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को दिया जा रहा है ब्याज मुक्त ऋण मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रदेश के करीब पांच हजार तोकों में मार्च तक पहंचाई जाएगी बिजली

स्लग नितिन गडकरी लोकार्पण केन्द्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग एवं जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने आज हरिद्वार में प्रदेश के लिए पांच हजार आठ सौ चौरानवे करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया

इसके साथ ही उन्होंने गंगा में गिरने वाले नालों को रोकने के लिए बनाए गए पंपिंग स्टेशनो और जलमल शोधन केन्द्रों के उच्चीकरण का भी लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में गंगा पूरी तरह स्वच्छ और निर्मल हो जाएगी

केंद्रीय मंत्री ने कोटद्वार हरिद्वार टिहरी और पौड़ी के लिए नए मार्गों और पुलों के निर्माण के साथ साथ हरिद्वार और हल्द्वानी में रिंग रोड की मांगों पर भी अपनी सहमति व्यक्त की इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित थे

राज्य विधानसभा में आज निर्दलीय प्रीतम सिंह पंवार के प्रश्न के उत्तर में श्री पंत ने बताया कि प्रदेश में ऐसे करीब सात लाख किसान हैं

श्री कर्णवाल ने शिक्षक की कमी के चलते शिक्षक की प्रतिनियुक्ति खत्म करने की मांग की

संसदीय कार्यमंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि मामला बेहद गंभीर है उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछली परीक्षा को निरस्त कराकर नए सिरे से पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाई है

विधानसभा में बजट पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट को प्रदेश के चहुमुखी विकास का केंद्र बताया उन्होंने कहा कि बजट में ढांचागत सुविधाओं कृषि उद्योग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने का प्रावधान किया गया है उन्होंने वित्त मंत्री प्रकाश पंत को बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि इसमें संपूर्ण विकास की झलक है और यह सरकार की प्राथमिकताओं पर केंद्रित बजट है विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना लागू की गई है इसमें शुरुआती दौर में कुछ कमी हो सकती है लेकिन इन्हें समय आने पर दूर कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि सबको एक समान शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से एनसीईआरटी की पुस्तके लागू की गई हैं प्रदेश में अनाथ बच्चों को भी आरक्षण दिया जा रहा है मुख्यमंत्री ने नदियों के पुनर्जीवन बदरीनाथ केदारनाथ के साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सर्वे हवाई कनेक्टिविटी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के संबंध में सरकार की योजनाओं का खाका भी पेश किया मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है गन्ना किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जा रही है किसानों के लिए सॉफ्टलोन की व्यवस्था की गई है

पौड़ी में आज गढ़वाल मण्डल आयुक्त ने औद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग के साथ बैठक की ा बैठक में उद्यानिकी के लिए कलस्टर विकसित करने के लिए एकीकृत कार्ययोजना बनाने पर गहन चर्चा की गयी उद्यानिकी से किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए आयुक्त ने अधिकारियों को उत्पादन के साथ ही विपणन पर भी ध्यान देने के निर्दश दिए

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कल हई बैठक में कार्यक्रम के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से आने वाले युवाओं को मुख्यमंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा राज्य में रोजगार परक योजनाओं नीतियों और रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी जायेगी कार्यक्रम में पर्यटन कृषि उद्यमिता सहकारिता और अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहन के लिए विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा पिछले साल अक्टूबर में हुए इन्वेस्टर समिट में किये गये एम ओ यू के अंतर्गत उद्योगों के निवेशक भी प्रतिभागियों को अपनी अपनी परियोजना के बारे में बतायेंगे इस कार्यक्रम में पीरूल नीति प्रसाद योजना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थपित कॉमन सेन्टर्स के बारे में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी जायेगी

मंत्रालय ने केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सभी कर्मियों को दिल्ली श्रीनगर श्रीनगर दिल्ली जम्म् श्रीनगर और श्रीनगर जम्मू सेक्टरों में भी हवाई यात्रा के अधिकार की स्वीकृति दे दी है इस फैसले से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कांस्टेबल हैड कांस्टेबल और ए एस आई रैंक के लगभग सात लाख अस्सी हजार कर्मियों को तुरंत फायदा होगा जो अभी तक इस सुविधा के पात्र नहीं थे